जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने अधिकारियों को विकास व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेशभर में जंगली फलदार वृक्ष लगाएं फसलों को बचाएं अभियान करेगा आरंभ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया है अनुराग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना से करदाताओं के जीवन में सरकारी दखल कम होगा और उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि देश की प्रगति और उन्नति में करदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि समय पर कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है

उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल को देश का औद्योगिक केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है मुख्यमंत्री आज शिमला में सीआईआई द्वारा आयोजित वेबिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे इस वेबिनार का विषय था एचपी इक्नोमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लक्ष्य भी प्रभावित हुए हैं इसके बावजूद सरकार निर्धारित निवेश लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत है

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विकास योजनाओं का आज शिलान्यास हुए उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बनाएं

उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को कोरोना महामारी को देखते हुए परेड में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए शिक्षा मंत्री ने पुलिस होमगार्ड और आईटीबीपी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मार्चपास्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल का भी जायजा लिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे

महेन्द्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विकास व निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी महेन्द्र सिंह ठाकुर आज मंडी के हटगढ़ में नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और ये सुनिश्चित करने को कहा कि कार्य मानकों के अनुरूप हो विधिक सेवा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेशभर में जंगली फलदार वृक्ष लगाएं फसलों को बचाएं अभियान शुरू करेगा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं इसके तहत प्राकृतिक वातावरण में सुधार लाने और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिकवास में ही भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतों के साथ लगते जंगलों में फल फूल वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इससे जंगली जानवरों और पक्षियों द्वारा फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने कहा कि ये अभियान दो चरणों में लागू किया जाएगा

हमारे मंडी संवाददाता मुनीष सूद के मुताबिक नेरचौक स्थित कोविड अस्पताल में आज एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई

आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक गनमैन और पायलट का चालक भी शामिल है आईजीएमसी शिमला में भी आज एक रोगी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेवार ठहराया है अग्निहोत्री ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री के हाल के कांगड़ा दौरे के बाद कोरोना संक्रमण की रफ़्तार और बढ़ गई है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के प्रति लापरवाह हो गई है उन्होंने कोरोना के नाम पर अवैध तरीकों से धन एकत्रित करने का आरोप लगाया अग्निहोत्री ने ये भी कहा कि सरकार कोरोना काल में खुद जमकर फिजूलखर्ची कर रही है जबकि जनता पर बिजली पानी राशन और सफर महंगा कर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है गन्दगी मुक्त गन्दगी मुक्त भारत अभियान के तहत आज हिमऊर्जा के शिमला स्थित मुख्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया अभियान का नेतृत्व हिमऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपाली ठाकुर ने की उन्होंने इस मौके पर कहा अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता ज़रूरी है उन्होंने कार्यालय में बेकार पड़े सामान और पुरानी फायलों की सूची बनाकर उन्हें विधिवत रूप से निपटाने के निर्देश भी दिए